लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहंचा है और न ही पहंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए प्रवानमंत्री ने कहा कि अपने आस पास मास्क लगाये और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता यह आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यो में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान रेलवे निरंतर कार्य कर रहा है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देशभर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डाक्टरों नर्सों चिकित्साकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया भर में जरूरत के अनुसार चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के जरिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि यह पर्व हमें पर्यावरण वन नदियों और समूवी पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का भी महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन भगवान बसवेश्वर की भी जयंती है प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें

इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दूनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनायें मुझे विस्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस तक़ाई को हम और मजबूत करेंगे श्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने भारत सहित दुनियाभर के लोगों के त्यौहार मनाने के तरीके बदल दिये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए और इनके पीछे छुपे हुए भावों को देखना चाहिए जिससे हमें जीवन को समझने का नया तरीका नजर आयेगा

अनुशासन का अनुमव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे दो गज दूरी बनाए रखेंगे मास्कर पहनेंगे और घर में ज्यारदा से ज्यारदा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे और ये उन्होंशने विश्वामस व्यगत्तर किया कि एक महीने के अंदर इसको हराना है इसलिए रमजान का उल्लेशख करते हुए उन्हों ने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सभी मजदूरों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के निर्देश दिए हैं जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रह गए हैं चौदह दिन की क्वारटीन अवधि पूरा कर चुके कामगारों को वापस लाने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है

अब तक दो सौ इकसठ लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं राज्य में अब तक कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों की संख्या कुल एक हजार सात सौ तिरानबे हैं